प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी कई बांधों के गेट खोलकर की जा रही है अतिरिक्त पानी की निकासी

कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करते हुए देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम्स देश के समृद्व इतिहास पर आधारित होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन के इस जमाने में बच्चों और युवाओं में भी कम्प्यूटर गेम का बहत केज है लेकिन जितने भी गेम्स होते हैं उनकी थीम बाहर की होती है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह गेम एक जरूरी और महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम देश में ही गेम्स बनाएं जिसमें हमारी लोकल खेलों और खेल खेल में संस्कृति का भी कौशल हो प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की प्ररी जानकारी मिल सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया

उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों श्री पोखरियाल ने कला उत्सव में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए कठपुतली कला प्रदर्शन शुरू करने की भी अपील की

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन बैड्स की समुचित व्यवस्थाए की हैं श्री गहलोत कल जयपूर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बैठक में कोरोना संकट के अतिरिक्त इस महामारी से उपजी अन्य समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की

श्री गहलोत ने कहा कि हाल ही प्रदेश के क्छ सांसद एवं विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं इसे देखते हुए सभी सांसद विधायक एहतियात के तौर पर अपनी कोरोना जांच करवाएं जिससे संक्रमण से बचा जा सके

इस समीक्षा बैठक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में नई जान फूंकने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी

मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें

झालावाड़ जिले में सभी नदी और जलाशयों में पानी की आवक जारी है सिरोही जिले में भी हुई बारिश से बांधों के जल स्तर में बढोतरी जारी है

इसी बीच मौसम विभाग ने जयपूर सहित बीकानेर जैसलमेर जोधपूर और बाड़मेर जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें